प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धियों न केलव भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभकारी है और उन्होंने मानव जाति के लिए नई उम्मीद जगाई है

उन्होंने गूजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना किया

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पर पंचक्ला के सेक्टर एक स्थित सरकारी कालेज में एक फोटो प्रदर्शनी का उदघाटन किया इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीज़नल आउटरीच ब्यूरो दवारा किया गया है प्रदर्शनी में गांधी जी के जीवन से सम्बधित चित्र प्रदर्शित किय गये है

बजट में म्ख्यमंत्री ने एक नई योजना म्ख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान श्रू करने की घोषणा की है इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की जायेगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए शिक्षा कौशल विकास वेतन रोज़गार स्वरोज़गार और रोज़गार सुज़न के उपायों केा एक पैकेज तैयार करके लागू किया जायेगा

म्ख्यमंत्री विवाह शाग्न योजना के अतंर्गत लाभार्थियों को विवाह के दिन ही योजना का लाभ मिलेगा

इसके अलावा एक हजार किसान उत्पादक संगठन स्थपित किये जायेंगे

बजट में राज्य बीमा न्यास के माध्यम से एक सर्व समावेशी बीमा योजना श्रू करने का प्रस्ताव भी है इसमें द्र्घटना या किसी अनहोनी घटना में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मृत्यु होने पर बीमा कवर उपलब्ध करवाया जायेगा